सुको ब्याजदर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भूगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है लॉकडाउन के दौरान छह महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा

राजधानी भोपाल में आज एक सौ बासठ नये मरीज मिले हैं जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार के करीब पहंच गई है अशोकनगर में दो सौ आठ लोगों की सेम्पल रिपोर्ट में केवल एक ही व्यक्ति पॉजिटिव मिला है हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा एक सौ अड़सठ पर पहुंच गया है

जबकि जिले में पांच सौ तीन लोग स्वस्थ हो चुके हैं

वहीं इंदौर में एक सौ सतासी नये मामलों के साथ संकमितों की संख्या तीन हजार से अधिक हो गई

झाब्आ के बाढ़कंआ स्थित कोविड केयर सेण्टर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया

फास्टैग केन्द्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चिवत करने के लिए यह फैसला किया गया है

एनटीए नीट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन्स और नीट परीक्षा के लिए केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है

श्री चौहान ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिये संचालित योजनाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जायें

मीनाक्षी तालाब शहडोल जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाये गये मीनाक्षी तालाब से आदिवासी किसानों की जिंदगी बदल रही है

पेश है हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पाण्डे की खबर पर एक रिपोर्ट

श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मॉ भारती के वीर सप्रतों ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्होंने प्रदेश के राजगढ़ के जवान मनीष कारपेण्टर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राज्य को उन पर गर्व है श्री चौहान ने मनीष के परिवार को सम्मान स्वरूप एक करोड़ रुपये की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की है